प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक व संपूर्ण परिवर्तन आ रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय सरकार ने इसकी सरलता और विश्वस्नीयता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है जनमंच जनमंच कार्यक्रम के तहत आज प्रदेशमर में राज्य सरकार के मंत्रियों ने जन शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ऊना ज़िले के हरोली में दूसरे जनमंच कार्यक्रम में जन सुनवाई की उन्होंने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निंपटारा किया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले की छावशा पंचायत के ड्मैहर स्कूल में दो सौ से अधिक जन शिकायतें सुनीं

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कुल्लू ज़िले में आनी क्षेत्र के चवाई गांव में जन सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बताया संपर्क से समर्थन मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने भाजपा के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत आज शिमला में अनेक गणमान्य व्यक्तियों से भेंट कर केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में बातचीत की इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने इन लोगों को केन्द्र सरकार की उपलब्धियों पर पुस्तिका भी मेंट की

बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सरकार ने पैन को बायोमीट्रिक आधार पहचान संख्या के साथ जोड़ने की समय सीमा पांचवीं बार बढ़ाई है

ये मूल्य वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय दरों में आई तेज़ी और रूपए की कीमतों में गिरावट के कारण आधार मूल्य में बढ़ोतरी पर कराधान के कारण हुई है रवि शंकर केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद कल शिमला के मैहली में बनने वाले इन्क्यूबेशन सेंटर के भवन का शिलान्यास करेंगे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 इस केन्द्र में विभिन्न कम्पनियों के कार्यालय खूलेंगे और सैंकड़ों युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिलान्यास अवसर पर मौजूद रहेंगे

ये बस भौन से रामनगर जा रही थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है